निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिये गये हैं मतदान दलों की रवानगी का कार्य भी चल रहा है उपचुनाव में दो लाख सतहत्तर हजार पांच सौ से अधिक मतदाता मतदान कर सकेंगे जिनमें एक लाख उन्तालीस हजार से अधिक पुरुष और एक लाख छत्तीस हजार से अधिक महिला और तीन थर्ड जेण्डर मतदाता शामिल हैं झाबुआ में कुल पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं मुख्य मुकाबला कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और भाजपा के युवा नेता भानु भूरिया के बीच है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

अच्छी खबर में आज शाम प्रादेशिक समाचार में आप सुनेंगे बैतूल जिले में रक्तदान के लिये लोगों को प्रेरित करने पर विशेष रिपोर्ट सड़क हादसा खरगौन जिले के कसरावद थाना क्षेत्र में कार और दुपहिया वाहन की टक्कर में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मृत्यु हो गई घटना कल शाम की बताई गई है वहीं बड़वानी जिले के नागलवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बालसमुद के पास बस और कण्टेनर की टक्कर में चौतीस लोग घायल हो गये घायलों में अधिकांश छात्र छात्रायें शामिल हैं

घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है पेट्रोल पंप लूट मुरैना जिले के जौरा कस्बे में सब्जी मण्डी के पास मोटर साइकिल सवार तीन बदमाशों ने हथियारों के दम पर कल रात एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से छह लाख रुपये लूट लिये घटना के समय पेट्रोलपंप के कर्मचारी पेट्रोलियम पदार्थ के बिकी के रुपये अपने मालिक को घर देने जा रहे थे पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बताया कि बदमाशों ने उन्हे देशी बंद्रक से घायल कर लूट की घटना को अंजाम दिया एक अन्य घटना में शहर में रिथित एक मेडीकल स्टोर के संचालक पर चार अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल तान दी और दुकान में घुसकर एक लाख दस हजार रुपये लूट लिये

साथ ही संचालक संजीव बरेठा को पुलिस के हवाले किया गया है नर्सिंग होम के संबंध में की गई शिकायत के अनुसार यहां पर तीन दिन पहले इलाज के बाद आठ वर्षीय एक बालक की मौत हो गई थी इस मामले की पड़ताल में पता चला कि बालक का इलाज नर्सिंग होम के कथित चिकित्सक ग्वालियर के चिकित्सकों से फोन पर पूछताछ के बाद कर रहे थे बाद में मरीज को ग्वालियर ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई सीएमएचओ डाक्टर जेपीएस कुशवाह ने नर्सिंग होम को सील किये जाने की पुष्टि की है मौसम प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है अरब सागर से आ रही नमी और राजस्थान में ऊपरी हवाओं में बने चक्रवाती घेरे की वजह से राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में कल दिनभर बादल छाये रहे और कहीं कहीं हल्की वर्षा या बूंदाबांदी भी हुई मौसम केन्द्र भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि एक दो दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा इसके बाद ठंड बढ़ेगी

उमरिया जिले में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है इस बारिश से धान की पककर खड़ी फसल को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है

टीम ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया